किन्नौर जिले की रक्षम पंचायत को भी स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह की अध्यक्षता करेंगे पुरस्कार वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू करने वाले राज्यों और जिलों को आज राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालक बालिका अनुपात में सुधार के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों का अभिनंदन करना है इस अवसर पर प्रदेश के तीन जिलों शिमला मंडी और सिरमौर को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सेब सीज़न के दौरान सेब ढुलाई को लेकर बागवानों को हो रही मुश्किलों पर चिंता ज़ाहिर की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था से बागवानों सहित आम लोग भी परेशान हैं और प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है कुलदीप राठौर ने सरकार से बागवानों की समस्या हल करने और उनके नुकसान की भरपाई करने का आग्रह भी किया है

उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और रोहतांग टनल के खुलने से यहां पर्यटन व्यवसाय भी बढ़ेगा अमर नेगी ने बताया कि इच्छुक निवेशक इस मिनी कनक्लेव में भाग ले सकते हैं अभियान भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो हमीरपुर ने कल ऊना में फिट इंडिया व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जागरूकता शिविर लगाया इसका आयोजन जिला प्रशासन व महिला व बाल विकास विभाग के सहयोग से किया गया इस अवसर पर ऊना के एसडीएम सुरेश चंद जसवाल ने कहा कि फिट रहने के लिए समी को व्यायाम को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए इस दौरान लोगों को पोषण अभियान जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में भी जानकारी दी गई शाही स्नान चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज राधाष्टमी के अवसर पर बड़े नहौण यानि शाही स्नान के साथ संपन्न होगी

चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाकुर ने बताया है कि इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र डल झील में आस्था की डूबकी लगाई मान्यता है कि बड़े नहौण पर सबसे पहले जनजातीय क्षेत्र भरमौर के संचूई इलाके के शिव भक्त डल झील को पैदल पार करते हैं और इसके बाद ही अन्य श्रद्धालु शाही स्नान करते हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है यात्रा भत्ता बढ़ाना गलत है तो लिख कर दें विधायक पुनर्विचार करेगी सरकार दैनिक जागरण का शीर्षक है यात्रा भत्ता वृद्धि जरूरी नहीं तो लिखकर दें विधायक दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं विधानसभा में सहमति और बाहर जता रहे आपत्ति यात्रा भत्ते पर माननीय के आचरण से मुख्यमंत्री आहत जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है भत्ता बन गया सरकार के लिए बट्टा मणिमहेश यात्रा पर पंजाब केसरी की सुर्खी है राधाष्टमी पर हजारों ने मणिमहेश डल में किया पवित्र स्नान आज रात पौने नौ बजे तक चलेगा स्नान

हिमाचल दस्तक की एक खबर है एडवेंचर स्पोर्ट्स रूल्स बदलेगी राज्य सरकार साहसिक खेल गतिविधयों पर निगरानी बढ़ाना होगा मुख्य मकसद दैनिक सवेरा टाइम्स ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से सुर्खी दी है अदालती फैसला आने के बाद नियमित होंगे अस्थायी शिक्षक अब पुलिस चौकियों में दर्ज हो सकेगी रिपोर्ट संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है